प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक आश्रित के परिवार को पॉच पॉच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की की घोषणा

मन्दिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सूरक्षा के किये गये विशेष इन्तजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर बेटी हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलम्बन के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग नारी की गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे ऐसे अपराधियों से प्रदेश सरकार कठोरता के साथ निपटेगी प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र से वासन्तिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का शुभारम्भ करते हुए श्री योगी ने कहा कि नारी शक्ति की प्रतीक है उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान इसी दिशा में एक प्रयास है मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मिशन शक्ति उस बालिका को श्रद्धाजलि स्वरूप है

दूसरे चरण में महिला अपराधों से जुड़े चिन्हित अपराधियों की कांउसिलिंग करायी जायेगी इसक बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनकी तस्वीर चौराहों पर लगेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संबंधी अपराध के मामलों में कतई रियायत नहीं बरती जायेगी उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में जल्द से जल्द न्याय के लिए इनकी सुनवाई आवश्यकतानुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में करायी जायेगी उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी और यहां तैनात कर्मचारी भी महिला हागी मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में आज पॉच सौ तिरपन करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत सेफ सिटी परियोजना का शुभारम्भ करते हुए राजभवन से सौ पिंक पेट्रोल स्कूटी और दस चार पहिया महिला पुलिस वाहनों का झण्डी दिखाकर रवाना किया

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का सशक्त बनना होगा और जब तक वह सामाजिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेंगी तब तक उनका उत्पीड़न होता रहेगा

सिद्धार्थनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान की शुरूआत प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की उपस्थित में की गयी

बाइटमौर्या मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान स्वावलंबन सुरक्षा के लिए लोगों से जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बैन को हरी झण्डी दिखाकर चालू किया गया मुख्य रूप से मकसद है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित जितनी भी प्रकार की घटनाये हैं घरेलू हिंसा हो या घर के बार की हिंसा हो लैंगिग भेदभाव हो या महिला की घटनायें हो बलात्कार शोषण दुराचार से संबंधित मामले हो या दहेज उत्पीड़न के मामले हो इन सभी मामलों को जड़ से खेत्म करने के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से अपील की कि हर व्यक्ति और हर महिला इसकी शुरूआत अपने घरों से करें क्योंकि सरकारी अभियान और सरकारी कार्यक्रम का अमलीजामा तभी होगा जब हर व्यक्ति उसको अपने व्यावहारिक जीवन में लाये तभी इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित हो सकती है इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा आज के दिन इस अभियान को शुरू किया जाना यह दर्शाता है कि महिला एक शक्ति के रूप में है और जिस समाज में महिलाओं की पूजा होती है उस समाज में शान्ति एवं सम्पन्नता दोनों होती हैं कार्यक्रम को जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी सम्बोधित किया तथा लोगों को अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रदान की उधर बलिया जिले में मिशन शक्ति अभियान का शुभारम्भ बहुउद्देशीय सभागार परिसर में किया गया जिसमें महिला कल्याण विभाग ऑगनबाड़ी विभाग की महिला कर्मी बेसिक शिक्षिकायें आदि शामिल रहीं कार्यक्रम की शुरूआत जिलाधिकारी एसपीशाही व शासन की ओर से नोडल अधिकारी एडीएम अमेठी बन्दिता श्रीवास्तव ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया

हमीरपुर जिले में अभियान की शुरूआत करते हुए हाईस्कूल और इण्टरमीडियट बोर्ड की दस टापर बालिकाओं को पॉच पॉच हजार के चेक प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया

पीलीभीत के जिलाधिकारी ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जिनमें से गम्भीर रूप से घायल लोगों को बरेली और लखनऊ के अस्पतालों में रिफर किया गया है

उन्होंने इस दुर्घटना के प्रत्येक मृतक आश्रितों को पाँच पाँच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं शक्ति रूपा देवी दुर्गा की अराधाना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गये हैं शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज भक्तों ने कलश स्थापना के साथ मॉ दूर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की कोरोना संक्रमण से बचने की सभी सावधानियों के साथ मन्दिरों में श्रद्वालुओं के प्रवेश को लेकर विशेष इन्तजाम किये गये हैं प्रदेश में विभिन्न शक्तिपीठों मन्दिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बल को तैनात किया गया हैं मिर्जापुर स्थित शक्तिपीठ मॉ विंध्यवासिनी देवी के धाम विन्ध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो गया हैं हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारो के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विँध्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो चुका है भोर मे जैसे मंदिर के कपाट खुले समूची विंध्य नगरी मां के जय जयकारे से गूँज उठी

उधर बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मन्दिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और मन्दिर परिसर में एक गौशाला का उद्घाटन भी किया

इस बार मन्दिर के गर्भ गृह में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गयी है शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शुभकामनायें दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शभ कामना सन्देश में कहा कि भारतीय संस्कृत में मॉ दुर्गा की उपासना का अत्यधिक महत्व है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार आठ सौ अस्सी नये मामले सामने आये हैं राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक चार लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर नब्बे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गया है प्रदेश में इस समय चौतीस हजार चार सौ बीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं